भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के लिये कई प्रावधान किये गये

और नवादा में पागल हाथी के कुचलने से तीन लोगों की मौत

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में इस बारे में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा

साउंड बाईट आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है आई एक्सप्लेन दू यू बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा इसमें आज हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलेंट्री वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा

द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हेव अ प्रोविजन फॉर वॉलेंट्री वेरीफिकेशन मैकेनिजम क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं बाकी से करते हैं आपको बताना पड़ेगा दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुली इनफोरमेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है अगेन इट इज अ कोर्ट ऑर्डर ऑर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट तो आपके लॉ एंड ऑर्डर इंटीग्रेटी ऑफ इंडिया सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा संवाददाता सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की

न्यूज पोर्टल्स बन गए वैसे ही ओटीपी प्लेटफॉर्म आ गया लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रीटिंग प्रेंस से जो आते हैं उनकों प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पडता है लेकिन ओटीपी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेयिंग फील्ड होना चाहिए और इसलिए डिजिटल हो प्रिटिंग हो टीवी हो ओटीटी हो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा इधर सरकार ने कहा है कि भ्रामक खबरों के प्रसार पर भी रोक लगाई जानी चाहिए हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में त्रिस्तरीय रूपरेखा तैयार की है भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और सुदृढ बनाने के लिए एक नई यात्री रेलगाड़ी चलाई जाएगी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर छब्बीस मार्च से इस ट्रेन सेवा का शुभारंभ होगा दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दो दिन की बैठक में इस पर सहमति बनी कटिहार अपर मंडल रेल प्रबंधक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि नई रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाई गुडी और बांग्लादेश में ढाका कैंट को जोड़ेगी

समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने समस्तीप्र में ये जानकारी दी इधर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम के डिब्र्गढ़ से तमिलनाडु के कन्या कुमारी तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है इस ट्रेन का बिहार के किशनगंज में भी ठहराव दिया गया है सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज में कल शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर की मौत और एक चौकीदार के घायल होने का मुद्दा विधानमंडल में आज प्रमुखता से उठा विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के विधायकों ने सरकार से शहीद पुलिस अधिकारी दिनेश राम के निकटतम आश्रितों को पचास लाख रूपये की सहायता राशि देने की मांग की भाजपा के पवन कुमार जायसवाल राजद के मुकेश यादव और शमीम अहमद ने इस घटना की त्वरित जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की वहीं विधान परिषद में राजद के सुबोध कुमार ने कार्य स्थगन प्रस्ताव देकर इस मामले में चर्चा कराने की मांग की

उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार से इस केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली उप मुख्यमंत्री सह राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी के बावजूद राज्य सरकार ने बजट में लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कई कदम उठाये हैं श्री प्रसाद आज विधानसभा में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे

उन्होंने कहा कि सत्रह जिलों के तेरह लाख बहत्तर हजार से अधिक किसानों के बीच इस राशि का वितरण किया गया नवादा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक पागल हाथी ने तीन लोगों को कूचल कर मार डाला नवादा के वन प्रमंडल पदाधिकारी एके ओझा ने बताया कि हाथी झारखंड से भटक कर आया है उन्होंने बताया कि हाथी को वन क्षेत्र में भगाने के लिये पश्चिम बंगाल के बांकुरा से स्पेशल टीम आ रही है इधर विधान परिषद् में भाजपा के सदस्य संजय पासवान ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने पागल हाथी पर जल्द से जल्द से नियंत्रण करने और जान माल की क्षति रोकने के लिये सरकार से कार्रवाई की मांग की इस पर वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि सरकार को मामले की जानकारी है और इस संबंध में विभागीय अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं

देश का यह अपनी तरह का पहला खिलौना मेला कई पारंपरिक त्यौहारों और प्रथाओं से जुडे खेल खिलौना को भी देश दुनिया से रुबरु करायेगा चंपारण क्षेत्र में गुड्डे गुड़ियों से जुडी ऐसी ही कला है कनिया पुतरी जिसकी झलक मेले में देखने को मिलेगी बेतिया की नमिता आजाद इस कला को नया जीवन दे रही हैं

इसके अलावा उनकी पत्नी को विशेष पेंशन और परिवार को अन्य सेवांत लाभ भी दिये जायेंगे इससे पहले आज पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा में शहीद पुलिस अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया प्रदेश में अब तक पांच लाख चालीस हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें तीन लाख निन्यानवे हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और एक लाख चालीस हजार से अधिक अग्निम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं वहीं साठ हजार चार सौ अठारह लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गयी है इधर प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर बानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख साठ हजार तीन सौ दस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ आठ है जिनमें सबसे अधिक दो सौ एक मामले पटना से हैं वहीं अरवल बक्सर जमुई सहरसा शेखपुरा और सुपौल जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत के मामले की जांच के लिये संयुक्त जांच टीम बनाई गई है सदर एसडीपीओ अमरकांत झा ने बताया कि ये टीम घटना के कारणों की जांच करेगी और संबंधित रिपोर्ट सरकार को भेजी जायेगी सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियापुर पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी अपराधियों ने दुकान में घूसकर घटना को अंजाम दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये

भ्रामक खबरों के प्रसार पर रोक लगाने के लिये कई प्रावधान किये गये

और नवादा में पागल हाथी के कुचलने से तीन लोगों की मौत